मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को यह जानकारी दी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने समय पर प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उन्हें राहत पहँचाते हुए राशियों के ऑनलाइन भूगतान की व्यवस्था की इससे कोरोना संकट काल में आमजनों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है

राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होती जा रही है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थितिकी समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी भी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

यह परेड रूस और मित्र देशों के सैनिकों के शौर्य और साहस के सम्मान में आयोजित की जाती है श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह रूस के लिए विशेष अवसर होने के साथ पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण अवसर है वे उत्सुकता से विजय दिवस परेड में भाग लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं गरीब कल्याण योजना प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है

हजयात्रा कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब न भेजने का सुझाव दिया है उन्होंने बताया कि हजयात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की पूरी राशि बिना किसी कटौती के ऑनलाइन आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी इधर राज्य हज कमेटी की ओर से भोपाल में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिना मेहरम आवेदन करने वाली महिलाओं को अगले वर्ष हज पर जाने की अनुमति दी जायेगी

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिये जायेंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जायेगी

ये निर्णय कल सांसद षंकर लालवानी की अगुवाई में जिला प्रषासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया बैठक में ऑड ईवन फार्मूले के तहत अन्य क्षेत्रों की द्वकान खोलने ठेला व्यापारी चाय पोहे मिठाई की दुकानों के संचालन खेल संस्थानों षोरुम और धर्मस्थल खोलने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई खेल क्विज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कल खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्चअल ओलंपिक क्विज का आयोजन किया गया

कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्वि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा

मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है जिससे अगले दो दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून छाने की संभावना जताई गई है इंदौर जिले में कल अनेक स्थानों पर बारिष से तापमान में गिरावट दर्ज की गई इंदौर षहर में दिनभर ध्रप के कारण उमस का माहौल रहा लेकिन षाम होते ही बादल छा गए और तेज बारिश हुई

वे जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों हिस्सा लेंगे